कल नामांकन पत्रों की जांच की गई

पर्चा दाखिल लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये प्रदेश के आठ संसदीय क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल किये जा रहे हैं

यहां अधिसूचना जारी होने के बाद से ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है

चुनाव प्रचार प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार रफ्तार पकड़ने लगा है मुख्यमंत्री कमलनाथ आज जबलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा के अलावा अन्य पार्टियों के नेता भी प्रचार में जुट गये हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा जिले के गुड़मंडी में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया

इस चरण के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी अब नामांकन प्रक्रिया पूरी होने की ओर है प्रदेश में चुनाव प्रशिक्षण के साथ ही मतदाताओं को मतदान के लिये जागरूक करने के लिये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

मुरैना में आज शाम अधिक से अधिक मतदान के लिये लोग स्टेडियम में जमा होकर केन्डल बलून छोड़ेंगे खंडवा जिले के हरसूद क्षेत्र में मतदाताओं को भी जागरूक किया गया ग्वालियर में भी मतदान दलों का दूसरा रेण्डमाइजेशन प्रेक्षकों की मौजूदगी में संपन्न हुआ विद्यार्थियों की चित्रकला प्रतियोगिता के जरिए मतदान करने का संदेश दिया गया विदिशा में जिला कलेक्टर ने नटेरन पंचायत में महिलाओं के मतदान पर जोर दिया

मुरैना जिले के जौरा सुमावली के बीच आसन नदी का पुल धसकने से श्योपुर ग्वालियर नेरोगेज ट्रैक को बंद कर दिया गया था

यह मैच रात आठ बजे कोलकाता में खेला जायेगा

यात्रियों को मतदान करने के लिये जागरूक किया गया और यहां से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया